केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री श्रीपद येसो नाइक ने योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों को बताया महत्वपूर्ण देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कर्टन रेजर में योग को गांवों और स्कूलों तक पहुंचाने पर दिया जोर

अगले तीन दिनों में क्माऊं क्षेत्र के क्छ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना नमो एप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार हर नागरिक को कम खर्च पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है श्री मोदी नमो एप के जरिये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि बीमारी के कारण गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ता है और दवाईयां प्राप्त करना बहत मुश्किल हो जाता है श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना इसलिए शुरू की गई है कि गरीब लोगों को कम कीमत पर दवाइयां मिल सकें उन्होंने कहा कि इस योजना से देशभर में बहत से लोगों को फायदा पहुंचा है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने हृदय रोग के इलाज में काम आने वाले स्टंट्स की कीमतों में बहत कमी की है और इसका फायदा गरीबों तथा मध्य वर्ग को सबसे अधिक पहंच रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि घ्रटना प्रत्यारोपण की कीमतों में भी भारी कमी की गई है कर्टन रेजर देहरादून के ओएनजीसी स्थित डॉ भीम राव अम्बेडकर स्टेडियम में आज अर्न्तराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर योगाभ्यास कार्यक्रम का कर्टन रेजर आयोजित किया गया इस मौके पर योगगुरू बाबा रामदेव ने कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों योग साधकों को योगाभ्यास कराया गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के आयोजन के लिए केंद्र सरकार ने देहरादून का चयन किया है इस अवसर पर केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से आज सारी दुनिया में योग का संदेश गया है उन्होंने कहा कि इस साल योग को गांवों और स्कूलों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास करने होंगे उन्होंने कहा कि योग को जनआंदोलन बनाने के लिए आम व्यक्ति की सहभागिता बहुत जरूरी है

कर्टन रेजर जारी इस मौके पर योग गुरू बाबा रामदेव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सारी दुनिया के लोग उत्साह के साथ योग करते हैं बाद में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपद येसो नाइक ने बताया कि योग दिवस पर देशभर में स्कूल कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा योगाभ्यास का कार्यक्रम होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम से प्रदेश का सम्मान बढ़ेगा योगग्रू बाबा रामदेव ने बताया कि पंतजलि पीठ की ओर से भी योग दिवस पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएगे इधर एफआरआई में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं

आज आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी भारत सरकार में आयुष सचिव राजेश कोटेचाआयुष मंत्री डॉ हरक सिंह रावत परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद मुनि विधायक हरबंस कपूर गर्णेश जोशी आचार्य बालकृष्ण आदि मौजूद थे कार्यक्रम मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार ने अपने सवा साल के कार्यकाल में सभी कार्य जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किए हैं देहरादून में एक समाचार चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश में एसआईटी का गठन किया गया है इस दौरान श्री रावत ने केंद्र द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी जिक्र किया

इस मौके पर केन्द्र सरकार के चार साल पूरे होने पर आयोजित केन्द्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की चार साल की उपलब्धियों और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी उज्जवला योजना का जिक्र करते हुए श्री रावत ने कहा कि प्रदेश में जिन परिवारों की वार्षिक आय ढाई लाख रूपये से कम है उन्हें राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाए चलाई हैं चार साल मोदी सरकार कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि पिछले चार सालों में केन्द्र सरकार के प्रयासों के कारण देश आज तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है केन्द्र में एनडीए सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर सरकार के कार्यकाल की जानकारी देते हुए श्री उनियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में भारत की वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ी है देहरादून में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश को ऑल वेदर रोड़ के रूप में केंद्र द्वारा एक बड़ी सौगात मिली है उन्होंने इस योजना को राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर बताया मौसम प्रदेश के कुछ हिस्सों में आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है इस दौरान राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना है मौसम विज्ञान ने अगले तीन दिनों में कुमाऊं क्षेत्र के कृछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है इसके मददेनजर राज्य आपदा परिचालन केंद्र ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है जिला प्रशासकों को लिखे इस पत्र में कहा गया है कि सभी जिलाधिकारी भारी वर्षा की चेतावनी की समयावधि के दौरान संबंधित अधिकारियों को आपदा की स्थिति में उचित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करें इस बीच आज प्रदेश में मौसम सामान्यतः साफ बना रहा धूप खिली होने के चलते तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई है

चिकित्सा परिषद ने अपने निरीक्षणों में इन कॉलेजों में बुनियादी ढांचे शिक्षकों और अन्य संसाधनों की कमियां पायी थीं

भूकंप से किसी भी प्रकार की जान माल की हानि की कोई सूचना नहीं है

जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि पंप योजना की मोटर जलने से शहर में जलापूर्ति नही हो पा रही है उन्होंने बताया कि मोटर खरीदने के लिए जिला प्रशासन ने जल संस्थान को धनराशि उपलब्ध करा दी हैं